लोक सभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज शाम चुनाव प्रचार का कार्य समाप्त हो जायेगा इस चरण में तेईस अप्रैल को पांच संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों झंझारपुर सुपौल मधेपुरा अररिया और खगडिया में मतदान होगा इस चरण में लगभग अट्ठासी लाख इकतीस हजार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे इनमें पुरूष मतदाताओं की संख्या लगभग छियालीस लाख बाईस हजार जबकि महिला मतदाताओं की संख्या बयालीस लाख नौ हजार है इनमें दो सौ बावन थर्ड जेंडर के नागरिक भी शामिल हैं इन क्षेत्रों में मधेपुरा में उन्नीस सौ चालीस झंझारपुर में उन्नीस उनतीस सुपौल में सत्रह सौ सत्तर अररिया में सत्रह सौ तेईस और खगड़िया में सत्रह सौ चौदह मतदान केंद्र बनाये गये हैं इस चरण में जदयू के दिनेश चंद्र यादव कांग्रेस की रंजित रंजन राजद के शराद यादव जन अधिकार पार्टी के राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव लोजपा के चौधरी महबूब अली कैसर वीआईपी के मुकेश सहनी पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव भाजपा के प्रदीप सिंह और राजद के सरफराज आलम सहित बयासी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा चुनाव को देखते हुये सुरक्षा बलों की तैनाती शुरू कर दी गयी है तीसरे चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है कल अररिया के फारबिसगंज में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा हम काम चाहते हैं और विरोधी टकराव उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध और शांति दोनों को साथ लेकर चलने का काम किया है श्री मोदी ने कहा कि पीएम ने घर में घुसकर मारने से भी चूक नहीं किया उधर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में सार्वजनिक क्षेत्रों में आरक्षण मिलता था लेकिन अब इसे हटाया जा रहा है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र क्शवाहा ने कहा कि बिहार की सभी चालीस सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे मधेपुरा और खगड़िया में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुये राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हिन्दू मुस्लिम जाति धर्म राष्ट्रवाद नहीं है बल्कि विशेष राज्य का दर्जा वेहतर शिक्षा स्वास्थ्य बेरोजगारी मंहगाई और आरक्षण मुख्य मुद्दा होना चाहिये वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने एक ट्वीट कर कहा है कि लालू की जान को खतरा है और सरकार उनके खिलाफ साजिश कर रही है लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार में आज अंतिम दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अररिया के बरदाहा रानीगंज और खगड़िया के विथान और गोगरी में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे जबकि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी झंझारपुर सुपौल और अररिया में रोड शो करेंगे वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे जबकि राजद नेता तेजस्वी यादव अररिया के रानीगंज और भरगामा तथा मध्रबनी और सहरसा में चुनावी सभा करेंगे सातवें चरण के लिये नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू हो जायेगी इस चरण में नामांकन पत्रों की जांच तीस अप्रैल को होगी जबकि दो मई तक नाम वापस लिये जा सकेंगे दरभंगा जिले के लोकसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक करने के लिये आज दिव्यांग खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है लहेरियासराय में स्थित नेहरू स्टेडियम में यह प्रतियोगिता समान श्रेणी के दिव्यांगो के बीच होगी इस अवसर पर दिव्यांग जनों को ईवीएम और वीवीपैट से मतदान करने के बारे में भी जानकारी दी जायेगी वहीं पश्चिम चंपारण जिले में मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक और प्रेरित करने के उद्देश्य से दिव्यांगजन रैली निकालेंगे इस मौके पर बेतिया स्थित महाराजा स्टेडियम में ट्राई साइकिल दौड़ का भी आयोजन किया गया है उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने कहा है कि किसी न्यायाधीश की प्रतिष्ठा ही उसकी एकमात्र सम्पत्ति होती है प्रधान न्यायाधीश कल उच्चतम न्यायालय की विशेष सुनवाई में स्वयं पर एक महिला के यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले की न्यायमूर्ति अरुण मिश्र और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के साथ सुनवाई कर रहे थे यौन उत्पीड़न के आरोपों को अविश्वसनीय बताते हुए न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा कि इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह मामला ऐसे समय आया है जब देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और अगले सप्ताह उनकी अध्यक्षता में न्यायालय की एक पीठ कई संवेदनशील मुद्दों पर विचार करने वाली है उन्होंने इस मामले का फैसला न्यायमूर्ति अरूण मिश्र पर छोड़ दिया न्यायमूर्ति मिश्र ने कहा कि इस मामले पर पीठ फिलहाल कोई आदेश पारित नहीं कर रही है और यह बात मीडिया के विवेक पर छोड़ रही है कि वह उनसे की जाने वाली अपेक्षाओं के अनुसार संयम बरते और जिम्मेदारी से कार्य करे बिहार इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा दो हजार उन्नीस के प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन सत्ताईस से लेकर तीस अप्रैल तक होगा बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि एक से दस मई तक सैद्वांतिक परीक्षा ली जायेगी उन्होंने कहा कि छात्रों का प्रवेश पत्र आज से बोर्ड के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र से पुलिस और एसएसबी ने तीस लाख की अफीम और पंद्रह लाख के गांजा के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने बताया कि पिपराही क्षेत्र से सौ किलोग्राम गांज और नारे गांव से अठाईस किलोग्राम अफीम मिला है मौके पर चार लोग पकड़े गये जिनसे पूछताछ की जा रही है मौसम विभाग ने राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि की आशंका जतायी है विभाग के अनुसार अगले अड़तालीस घंटे में पटना का तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है जबकि चौबीस अप्रैल को राज्य के एक दो स्थानों पर बारिश भी हो सकती है मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि दिन ध्रप कड़ी होगी जबकि शाम को हवा चलने से थोड़ी राहत मिल सकती है मुजफ्फरपुर में चल रहे रणधीर वर्मा अंडर नाईटीन क्रिकेट प्रतियोगिता में समस्तीपुर ने सुपौल को और भोजपुर ने रोहतास को पराजित कर अगले चक्र में प्रवेश कर लिया है वहीं उनतीसवीं वीर कृंवर सिंह गोल्ड कप कबड़डी प्रतियोगिता आज से राजधानी पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में शुरू हो रही है प्रतियोगिता तीन दिन चलेगी इस प्रतियोगिता में सोलह टीमें भाग ले रही हैं झाझा बरौनी मूजफ्फरपूर रेलखंड पर मालगाड़ियों को फ्रेट कॉरिडोर उपलब्ध कराने के लिये मुजफ्फरपुर स्टेशन से होकर गुजरने वाली दस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है जबकि छह ट्रेनों के समय में परिर्वतन कर दिया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के चुनावी सभाओं को बड़ी खबर बनाया है हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री के बयान पर लिखा है आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा दैनिक जागरण ने देश में हो रही दो तरह की राजनीति वोट भक्ति और देश भक्ति को बड़ी खबर बनाया है दैनिक भास्कर ने उच्चतम न्यायालय के मूख्य न्यायाधीश के मामले पर बड़ी सुर्खी दी है बर्खास्त कर्मचारी ने चीफ जस्टिस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया चीफ जस्टिस बोले आरोपों के पीछे बड़ी ताकतें न्यायपालिका खतरे में प्रभात खबर ने राहुल की नागरिकता पर सवाल बाईस तक का वक्त को बड़ी खबर बनाया है अखबार आज ने मनेर में युवक की गोली मारकर हत्या और खतरे में है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बड़ी सुर्खी दी है